उन्होंने न्यायाधीशों अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों सहित कानूनी पेशे से जुड़े सभी लोगां से कानून के शासन की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का आह्वान किया राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र विकसित हो रहा है कानूनी क्षेत्र में भी भारी बदलाव आ रहा है

लखीमपुरखीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से पचपन सेन्टीमीटर ऊपर बह रही है वहीं विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बहराइच में घाघरा और सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है नदियों के किनारे बसे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे ह वहीं नानपारा कैसरगंज महसी क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि में जलभराव से किसानों को कृषि कार्यो में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उधर बलरामपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है राप्ती नदी के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे हैं वहीं जिले के तराई क्षेत्र में पहाड़ी नालों के उफान से कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति से आवागमन बाधित हुआ है मऊ में तेज बारिश से निचले इलाको में जलभराव से लोगों का घरो से निकलना मुश्किल हो गया है वहीं अयोध्या में सरयू का जल स्तर लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर दिया है बलिया में कल देर रात आयी ऑधी तूफान और बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और विद्युत आपूर्ति बन्द हो गयी है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिले में कई स्थानो पर पेड़ गिरन और कई घरों की दीवारे गिरने के समाचार भी मिले हैं

स्वच्छता अभियान की श्रुआत करने से पहले केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित कर स्वच्छता का संकल्प लिया इस अवसर पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रत्येक सांसद देश के हरेक गांव और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष की स्वच्छता के लिए की गई पहल की सराहना की उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम अब आंदोलन बन चुका है

न्यायालय ने कहा कि वह ऐसीँ घटनाआं के खिलाफ पुरे देश से स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय ने इस बारे में समाचार पत्रों और पोर्टलों में विभिन्न खबरो का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया है पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया और उनसे राज्यों को जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश तय करने के बारे में ॅसहयोग करने को कहा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

विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी

बीस और इक्कीस जुलाई को शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के कारण सदन की बैठके नहीं होगी

चौबीस जुलाई को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की जायेगी पच्चीस और छब्बीस जूलाई को सदन में अन्य विधायी कामकाज निपटाये जायेंगे

सुल्तानपुर के कटका खानपुर कस्ब में कल शाम अयोध्या जा रही आन्ध्र प्रदेश की तीर्थ यात्रियों से भरी बस के ऊपर एक विशाल बरगद के पेड़ के गिरने से एक महिला सहित दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गयी इस हादसे में बाइस यात्रो गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस के अनुसार आन्ध्र प्रदेश से आ रही इस पर्यटक बस में चौवालिस तीर्थ यात्री सवार थे उधर शाहजहाँपुर में पूरनपुर रोड पर एक निजी डबलडेकर बस सड़क के किनार खड़े डम्पर में घुस गयी जिससे तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गयी इस दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं यह बस देहरादून से लखीमपुरखीरी को पलिया जा रही थी

ऐसा विकास जो सभी का विकास करें कोई भी विकास की दौड़ से पीछे नहीं रहना चाहिए

लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्रों विशिष्ट व्याख्यान एवं पछत्तर से अधिक तकनीकी पत्रों वाले योगदान पत्रों पर गहन विवेचना और चर्चा की जायेगी

मुख्य सचिव ने बताया कि कॉवड़ियों की यात्रा के लिए मार्गो को गड़ढ़ामुक्त बनाया जार्येगा और अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी उन्होंने बताया कि कॉवॅडियों के विश्राम स्थल घाटों और शिविरों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए नगर निगमों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है साथ हो ट्रैफिक प्लान बनाकर रूट डायवर्जन किया जायेगा ताकि कहीं कोई द्घर्टना न हो उन्होंने बताया कि कॉवड़ियों की सुविधा के लिए प्रत्येक थानों पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था रहेगी कॉवड़ यात्रा सत्रह जुलाई स शुरू होगी

यह जानकारी देते हुए मत्स्य विभाग के निदेशक एसके सिंह ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन पत्र तीस सितम्बर तक माँगे गये हैं इससे सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए मत्स्य पालक अपने जनपदीय मत्स्य कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं

इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के अधिक बोझ को दूर करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने राज्यों से दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्सा कर्भियों को अतिरिक्त वित्तोय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने को कहा है

इस अवधि में गरीबी सूचकांक में यह सबसे तेज गिरावट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रसोई ईंधन स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है